आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेस के जरिये सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन की समीक्षा बैठक में राज्यों की तरफ से इस तरह के अनुरोध आए र्बैठक में श्री मोदी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि जान है तो जहान है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा संघर्ष तब तक मजबूत रहेगा जब तक देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभायेगा और सरकार तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन बचाने पर जोर देना चाहिए और इसके लिए लॉकडाउन तथा परस्पर सुरक्षित दूरी बहुत महत्वपूर्ण है

जबकि एक मरीज जैसलमेर के पोकरण क्षेत्र में मिला

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए कार्यकम के लोगों से सम्पर्क में आए लोग स्वेच्छा से जांच कराने के लिए आगे आएँ उन्होंने कहा कि सर्वाधिक स्क्रीनिंग और सर्वाधिक परीक्षण करके ही हम कोरोना जैसी महामारी को मात दे सकेंगे श्री मिश्र ने कहा कि हॉट स्पॉट बने स्थानों पर लोग प्रशासन पुलिस और पैरामेडिकल स्टाफ का पूरा सहयोग करें उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करता है या चिकित्सक पेरामेडिकल और पुलिस स्टाफ के प्रति दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट दवा का छिड़काव और मास्क का वितरण किया जा रहा है

श्री पायलट ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने और लॉकडाउन के दौरान आमजन के जीवन को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा कई प्रयास किए गए हैं

इसके साथ ही प्रदेश में ई पास की सुविधा भी शुरू की गई है इसके जरिये आवश्यक सेवाओं के संचालन के लिए विभिन्न फर्मों और कंपनियों के कार्मिकों को अपने पास बनवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा कोरोना संकमण से पैदा हालात में राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश के लाखों लोगों के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर की गयी है राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंकों से कहा है कि वे बैंकों में अनावश्यक भीड़ रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए समिति के संयोजक और बैंक ऑफ बडौदा के महाप्रबंधक महेन्द्र सिंह महनोत ने लोगों से अपील की है कि सरकारों द्वारा ट्रांसफमर किया गया पैसा उनके खातों में ही रहेगा

एक किट में पांच किलो आटा सवा किलो दाल खाद्य तेल मसाले प्याज और जरूरी वस्तुओं को शामिल किया गया है फाउंडेशन का प्रतिनिधि मण्डल आज उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से मिला और उन्हें फाउंडेशन द्वारा दिए जा रहे राहत कार्यो की जानकारी दी ै

इन आश्रयस्थलों पर गर्भवती महिला श्रमिकों को चिकित्सकीय सुविधाएं नियमित रूप से दी जा रही है आश्रय स्थल में आवास के साथ निशुल्क भोजन और जरूरत की अन्य चीजें मुहैया करवायी जा रही है

उन्होंने प्रदेशवासियों से संकट की इस घड़ी में धैर्य के साथ सरकार की ओर से जारी सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है देश में आरोग्य सेतु मोबाइल एप को एक करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए लोग इस एप को बहुत प्रभावी मान रहे हैं और इससे निजता के अतिक्रमण संबंधी कोई चिंता भी नहीं है

श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संकमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं

मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश स्थानों पर दिन और रात के तापमान में लगातार बढोतरी हो रही है